राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इसी चरण में तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार चरम पर

और पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संदेश कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इन जिलों में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण शिवहर सीतामढ़ी मध्रबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज सीवान सारण वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय खगड़िया भागलपुर नालंदा और पटना शामिल हैं दूसरे चरण में दो करोड़ छियासी लाख से अधिक मतदाता एक सौ छियालीस महिला तथा एक ट्रांसजेंडर समेत एक हजार चार सौ तिरसठ उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आठ विधानसभा क्षेत्रों कुशेश्वरस्थान गौड़ाबौराम मीनापुर पारू साहेबगंज राघोपुर अलौली और बेलदौर विधानसभा क्षेत्रों में शाम चार बजे तक ही वोट डाले जायेंगे श्री सिंह ने कहा कि कई मतदान केन्द्रों की निगरानी आयोग द्वारा वेबकास्टिंग के माध्मय से की जायेगी

मतदान प्रक्रिया की निगरानी हेलीकाप्टर से की जायेगी

उन्होंने लोगों से बिना डर भय के आगे आकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने की अपील की दूसरे चरण के लिये कुल एक हजार चार सौ तिरसठ प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं महागठबंधन से सबसे अधिक राजद के छप्पन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से चौबीस भाकपा माले के छह तथा भाकपा और माकपा के चार चार उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वहीं एनडीए गठबंधन से भाजपा के पैंतालीस जदयू के तैंतालीस और विकासशील इंसान पार्टी के छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी के बावन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के छत्तीस बहुजन समाज पार्टी के तैंतीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उनतीस उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर राजद को तैंतीस जदयू को तीस भाजपा को बीस कांग्रेस को सात लोक जनशक्ति पार्टी को दो भाकपा माले को एक और निर्दलीय को एक सीट पर जीत मिली थी कल होने वाले विधानसभा चूनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है इस चरण में राज्य के पांच मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा पटना साहिब से नंदकिशोर यादव मधुबन से राणा रणधीर सिंह नालंदा से श्रवण कुमार और हथुआ से राम सेवक सिंह चुनावी मैदान में हैं वहीं राघोपुर से राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और हसनपुर से उनके भाई तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता इसी चरण में करेंगे द्रसरे चरण के चूनाव के दिन कल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयूक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने कहा है कि फोटोयुक्त वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा द्रसरे चरण के मतदान को लेकर संबंधित जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं मतदान कर्मियों को बूथ तक भेजने के लिये जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किये गये हैं शिवहर के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा कि जिले में एक सौ आठ व्यक्तियों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की गयी है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि जिले में दस महिला मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जिस पर सभी चुनाव कर्मी महिलाएं होंगी पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने नागरिक और प्रलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियों का जायजा लिया वैशाली जिला प्रशासन ने भी दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं अन्य जिलों से भी हमारे संवाददाताओं ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रख्ता व्यवस्था की गयी है तीसरे और अंतिम चरण में अठहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिये चुनाव प्रचार चरम पर है सभी प्रमुख गठबंधन और पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में ध्रंआधार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा ने कहा है कि इस चूनाव में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार के विकास के लिये किये जा रहे वायदे पर जनता भरोसा नहीं करेगी उन्होंने सीतामढ़ी के परिहार में एक जनसभा मे आरोप लगाया कि विपक्षी दल का ट्रैक रिकार्ड बिहार के लोग भूले नहीं हैं श्री नड्डा ने दरभंगा में रोड शो कर एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्सौल ढाका और खजौली विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति बन गया है उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने जैसे साहसिक कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हो सका है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सीतामढ़ी में रोड शो के माध्यम से अपने उम्मीदवारों का प्रचार किया

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पंद्रह वर्षों में रोजगार सृजन के कोई प्रयास नहीं किये

लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने समस्तीपुर में कहा कि युवाओं और मजदूरों को रोजगार देने में सरकार विफल रही है इसी कारण प्रदेश से पलायन होता रहा है उन्होंने कहा कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा में आयोजित सभा में कहा कि प्रदेश की एनडीए सरकार विकास के मोर्चे पर विफल रही है सभा को कविता कृष्णन ने भी संबोधित किया एआईएमआईएम के प्रमुख असददुद्दीन ओवैसी ने कटिहार जिले के मनिहारी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में बिहार बदहाल हो गया है उन्होंने कहा कि भाजपा समाज में अविश्वास का माहौल बनाकर सत्ता में वापस आना चाहती है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने बाजपट्टी और परिहार में आयोजित चुनावी सभा में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट के उम्मीदवारों को जीताने की अपील की पूर्व मुख्यमंत्री और शोषित समाज दल के नेता सतीश प्रसाद सिंह का आज नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे सतासी वर्ष के थे श्री सिंह उन्नीस सौ सड़सठ में मात्र पांच दिनों के लिये मुख्यमंत्री बने थे उनके ही नेतृत्व में पहली बार राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अप्रणीय क्षति हुई है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव दो सात प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख नौ हजार नौ सौ अस्सी लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या सात हजार छत्तीस है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ सतहत्तर नये मरीजों की प्रष्टि हुई है सबसे अधिक पटना में एक सौ छियासठ नये मामले सामने आये हैं जबकि पूर्णिया में छियासठ गया में इकतीस और औरंगाबाद में उनतीस नये मरीजों की पहचान हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं

राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी इसी चरण में तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार चरम पर

और पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन